एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित अपने लेख में उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक सुधारों पर लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है वित्तमंत्री ने लिखा है कि दो हजार चौदह में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना ने उन्तालीस करोड़ से अधिक गरीब लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहंचाई है वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि दस करोड़ से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान योजना से लाभान्वित हुए हैं और सीधे उनके खातों में नकदी हस्तांतरित की गई है केन्द्रीय वित्तमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनके उत्पादों की बाजार तक पहंच महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि हाल ही में इसके लिए किसानों के उत्पाद को अंतर राज्यीय बाजार तक पहंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है वित्तमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उठाये गये कदमों में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन और कृषि के लिए भूमि लीज पर दिये जाने वाले नियमों में संशोधन शामिल हैं वित्तमंत्री ने कहा कि दो हजार उन्नीस में एनडीए ने अपनी दोबारा जीत के एक वर्ष के अन्दर ही कराधान के क्षेत्र में कई बड़े सुधार किये है नई कंपनियों के लिए निगमित कर घटाकर पन्द्रह प्रतिशत और पुरानी कंपनियों के लिए बाईस प्रतिशत कर दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन के प्रसार को नियंत्रित करने में निगरानी कार्य की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है उन्होंने कहा कि सर्विलांस टीम की सक्रियता से कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन से बचाव के लिए लोगों को निरन्तर जागरूक किया जाए उन्होंने कहा कि मास्क के अनिवार्य उपयोग और सामाजिक दूरी के नियम के अनुपालन के लिए जागरूकता का कार्य पूरी गति से संचालित किया जाए लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी के दौरान चलने वाले स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान से कोरोना महामारी के अलावा संचारी रोगों को भी नियंत्रित करने में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री ने कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि सभी मुख्य चिकित्साधिकारी संबंधित जनपदों के अस्पतालों के कार्यों का नियमित निरीक्षण करें प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने आज बलरामपुर और गोण्डा जनपदों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया उन्होंने बलरामपुर जिले में रापी नदी पर बने चरगहिया तटबंध के मरम्मत कार्य का स्थलीय निरीक्षण भी किया इस दौरान उन्होंने बाढ़ खंड के अधिकारियों को सभी कार्य जल्द पूर्ण कराने का निर्देश दिया जल शक्ति मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष बारिश के दौरान यह क्षेत्र कटान से बहत अधिक प्रभावित था और उन्हें प्रसन्नता है कि इस बार सरकार के प्रयासों से इस क्षति को रोका जा सका है प्रदेश सरकार ने आपात पुलिस हेल्पलाइन नम्बर एक सौ बारह का दायरा बढ़ा दिया है और इसके साथ दमकल एम्बुलेंस रेलवे पुलिस और आपदा राहत से संबंधित सेवाओं को जोड़ दिया है अब लोगों को कई आपात नम्बर याद करने की आवश्यकता नहीं होगी और ये किसी भी स्थिति में सहायता के लिए एक सौ बारह नम्बर डॉयल कर सकते हैं अपर पुलिस महानिदेशक और एक सौ बारह आपातकालीन सेवाओं के प्रमारी असीम अरुण ने आकाशवाणी से खास बातचीत में बताया कि अब एंब्लेंस की एक सौ आठ नंबर की सेवा महिलाओं की समस्याओं से जुड़ी दस नब्बे सेवा और दमकल रेलवे और आपदा से जुड़े मामलों में किर्सी भी आपातकालीन स्थिति में लोग सीधे एक सौ बारह नम्बर पर फोन कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की छब्बीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह सड़सठवीं कड़ी होगी लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आंमत्रित किया गया है लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर डॉयल कर सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई जी ओ वी पर संदेश लिख सकते हैं देश में कोविड नाइन्टीन संक्रमण से स्वस्थ होने की दर तिरसठ प्रतिशत से अधिक हो गई है और अब तक पांच लाख इकहत्तर हजार चार सौ साठ लोग ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान सत्रह हजार नौ सौ नवासी मरीज कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ हए हैं इस समय तीन लाख ग्यारह हजार पांच सौ पैंसठ संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज बताया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा वोर्ड सीबीएसई के दसवीं कक्षा के परिणाम कल घोषित किए जाएंगे एक टवीट में श्री निशंक ने छात्रों को शुभकामनायें दी कल कक्षा बारहवीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गये थे